उन्होंने लोगों के धैर्य संयम और परिपक्वता के लिए धन्यवाद दिया

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है अयोध्या भूमि मामले पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का पूरे देश ने दिल खोलकर पूरी सहजता और शांति से स्वागत किया है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने लोगों को उनके धैर्य संयम और परिपक्वता के लिए धन्यवाद दिया राम मंदिर पर जब फैसला आया तो पूरे देश ने उसे दिल खोलकर गले लगाया पूरी सहजता और शांति के साथ स्वीकार किया आजमन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों को साधुवाद देता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने जिस प्रकार के धैर्य संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है मैं उसके लिए विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सभ्यता संस्कृति और भाषाएं प्ररी दुनिया को विविधता में एकता का संदेश देती हैं देश में सैंकड़ों भाषायें सदियों से पुषपित और पल्वित होती रही हैं

श्री मोदी ने उत्तराखण्ड में अपनी भाषा के संरक्षण के लिए एक समुदाय के कुछ लोगों द्वारा शुरू की गई पहल की चर्चा भी की डेढ़ सौ साल पहले आध्निक हिंदी के जनक भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने भी कहा था निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल द्य अर्थात मात्रभाषा के ज्ञान के बिना उन्नति संभव नहीं है ऐसे में रंग समूदाय की ये पहल पूरी दुनिया को एक राह दिखाने वाली है आज मनाये जा रहे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी दिवस पर श्री मोदी ने एनसीसी के कुछ कैडेट से बातचीत की प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी नेतृत्व क्षमता देशभक्ति निस्वार्थ सेवा अनुशासन और कठिन परिश्रम की भावना जगाती है और इन सबको हमें अपने चरित्र का हिस्सा बनाने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि इस दिन प्रत्येक नागरिक को सहभागिता के लिए आगे आना चाहिए प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मुहिम की चर्चा करते हुए फिट इंडिया सप्ताह मनाने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पहल की सराहना की फिट इंडिया मूवमेंट में फिटनेस को लेकर स्कूलों की रैंकिंग की व्यवस्था भी की गई हैं इस रैंकिंग को हासिल करने वाले सभी स्कूल

फिट इंडिया पोर्टल पर जाकर स्कूल स्वयं को फिट घोषित कर सकते हैं फिट इंडिया थ्री स्टार और फिट इंडिया फाइव स्टार रेटिंग्स भी दी जाएगी प्रधानमंत्री ने विशाखापत्तनम में समुद्र से स्कूबा गोताखोर के प्लास्टिक की कचरा हटाने की एक विशेष मुहिम की चर्चा की

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सभी अपने आस पास को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करने का संकल्प कर ले तो फिर प्लास्टिक मुक्त भारत पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल पेश कर सकता है

मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पूख्ता बंदोबस्त किये हैं उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है दोनों ही मुख्य दलों ने पहली बार इस सीट पर महिला उम्मीदवारों को उतारा है भाजपा ने प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत को प्रत्याशी बनाया है तो वहीं कांग्रेस ने अंजू लुंठी को चुनाव मैदान में उतारा है दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार भी किया है इस बीच पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच गयी है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी आवश्यक इंतजाम कर लिए गए हैं

जन्म शताब्दी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून में हेमवती नन्दन बहुगुणा जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर संस्कृति मंत्रालयएवं ऑल इण्डिया सोसाईटी ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित युवा महोत्सव में प्रतिभाग किया

उनके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों न आए हों उन्होंने कभी परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं किया वे हमेश अपने नैतिक मूल्यों सिद्वान्तों एवं आदर्शों पर अडिग रहे उनके विचार आज भी सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते है पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बताया कि स्व बहुगुणा की कथनी एवं करनी में कोई अंतर नहीं था उन्हें अपनी संस्कृति बोली भाषा से बहत प्यार था उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा के जीवन से प्रेरणा लेते हुए संघर्षों से कभी हार नहीं माननी चाहिए इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल उत्तर प्रदेश से सांसद श्रीमती रीता जोशी मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा सहित अनेक विधायक भी मौजूद थे

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि जिले में पर्यटन की अपार सम्भावनायें है बस जरूरत है उन्हें विकसित करने की उन्होंने बताया कि जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को संचालित किया जा रहा है जिसके तहत जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को डेस्टिनेशन प्वाइंट के तौर पर विकसित किया जाना है उन्होंने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि वे जल्द से जल्द सभी डेस्टिनेशन प्वाइट को चिन्हित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें श्री भदौरिया ने पर्यटन विभाग द्वारा संचालित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना और दीनदयाल होम स्टे योजनाओं की मदद से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जागरूकता शिविर आयोजित करने को भी कहा है

जिनकी मदद से आंकडो के विश्लेषण में शोधार्थियों को काफी सुविधा मिलती है इसके बाद भी शोधार्थियों को सही सांख्यकीय विधि द्वारा आंकड़ो का विश्लेषण करने की चुनौती रहती है ऐसे में शोधार्थियों को चाहिए कि वे शोध हेतु चयनित विषय वस्तु में वर्णित उद्देश्यों को अनुरूप सांख्यकीय विधि के माध्यम से आंकड़ो का विश्लेषण करें

कार्यशाला देहरादून स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया इस मौके पर महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी को अहिंसा के साथ जोड़ा जाता है लेकिन कम ही लोगों ये जानते है कि गांधी जी दिव्यांग जनों की स्थिति के प्रति भी काफी सचेत रहा करते थे आज हर इंसान को अपना पराया भूलना होगा तभी हम देश की प्रगति में भागी बन सकेगें कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के प्रति लोगों को जागरूक करना है था इस दौरान विभिन्न स्कूलो के छात्र छात्राएं और स्वयंसेवी संस्थानों से जुड़े लोग उपस्थित रहे मौसम प्रदेश में आज भी धूप छांव का खेल जारी रहा राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंशिक बादल छाये रहे राजधानी देहरादून में सुबह अच्छी धूप खिली लेकिन दोपहर तक हल्के बादल छाने और सर्द हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई